संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार तीन सौ चौरानवे हुयी

और आज रमजान का आखिरी रोजा होगा ईद कल मनायी जायेगी

इससे लगभग छत्तीस लाख लोगों को सुविधा होगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने नई दिल्ली में बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों के जरिये पहली मई से पैंतालीस लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचे हैं रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाडियां शुरू की थीं

श्री यादव ने बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाडियां दो राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं रेल विभाग और राज्य सरकारों ने इन श्रमिक विशेष रेलगाडियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है साउंड बाईट राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए और एक जो इलैबोरेट सोशल डिस्टैंसिंग का प्रॉटोकॉल है हाइजीन का प्रोटोकॉलहै और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है जिससे कि वह केवल एसिंप्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें

भारतीय रेल ने यह भी इंतेजाम किया कि किसी भी स्टेशन से अगर जरूरतपड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने के हमने इंतेजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशपर सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शनंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़तीहै जो भी रिक्यायरमेंट आती है वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवेस्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है रेलवे ने पिछले तेईस दिन में दो हजार छह सौ विशेष रेलगाडियां चलाई हैं और लगभग छत्तीस लाख फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया श्रमिक विशेष रेलगाडियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की बारह तारीख तक पंद्रह जोडी नई विशेष रेलगाडियां शुरू की हैं और अगले महीने की पहली तारीख से दो सौ रेलगाडियां चलाने की घोषणा की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में दो सौ अठाईस नये मरीज मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो हजार तीन सौ चौरानवे हो गयी है इनमें से अब तक छह सौ तिरपन कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ उनतीस है कल सबसे अधिक इकतीस नये मरीज रोहतास जिले में मिले इसके साथ ही वैशाली में चौबीस मधेपुरा में उन्नीस मधुबनी में अठारह सुपौल में पंद्रह औरंगाबाद में चौदह कटिहार और सीतामढ़ी में तेरह तेरह खगड़िया में बारह पटना में दस दरभंगा में नौ बेगूसराय में पांच नवादा में नौ सीवान में तीन लखीसराय में दो गया में दस अरवल और नालंदा में दो दो जमुई और बक्सर में एक एक भागलपुर में तीन बांका में छह सारण में चार और पश्चिम चंपारण जिले में दो नये मरीजों की पहचान हुयी है प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बारह हो गयी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल इक्यावन हजार सात सौ चौरासी लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर इकतालीस दशमलव तीन नौ प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार दो सौ पचास रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना के छह हजार छह सौ चौवन नये मामले भी सामने आये हैं जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख पच्चीस हजार एक सौ एक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ सैंतीस मौत भी हुई हैं जिससे अब तक इस महामारी से मौत के शिकार हुए लोगों की कुल संख्या तीन हजार सात सौ बीस हो गई है राज्य सरकार ने कहा है कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को भी रेलवे किराया और पांच सौ रूपये दिये जायेंगे आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से लौटे कामगारों को चाहे वे क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हों या होम क्वारंटाइन हों सभी को सरकारी सहायता दी जायेगी विभाग ने कहा है कि प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता के तहत प्रवासी मजदूरों को रेलवे किराये के साथ पांच सौ रूपये दिये जायेंगे हालांकि किसी भी सूरत में उन्हें एक हजार रूपये से कम राशि नहीं दी जायेगी इस बीच सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से लौट कर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचने वाले कामगारों की संख्या नौ लाख अड़सठ हजार हो गयी है उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों की संख्या बढ़कर तेरह हजार आठ सौ पच्चीस हो गयी है श्री क्मार ने कहा कि अभी तक राशनकार्ड विहीन नौ लाख पचपन हजार परिवारों के राशन कार्ड बनाये गये हैं उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिये सभी विभाग रोजगार सृजन का प्रयास कर रहे हैं और कौशल के अनुरूप कामगारों का रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि मलेरिया की दवा हाईड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है आईसीएमआर ने हाईड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर संशोधित परामर्श जारी किया है एक रिपोर्ट साउंड बाईट नई दिल्ली स्थित तीन केंद्रीयसरकारी अस्पतालों द्वारा की गई जांच से संकेत मिलता है कि जिन चिकित्साकर्मियों नेहाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन ली उनमें उन लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण विकसित होनेकी संभावना कम पाई गई जो कि इसे नहीं ले रहे थे

मौजूदा सबुतों के आधार पर यह सुझाव दिया गयाहै कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सुरक्षित है और इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं इस दवाके किसी भी प्रतिकूल प्रभाव होने की दशा में चिकित्सक से भी परामर्श लेने की सलाह दीगई है भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी देश में कोविड उन्नीस महामारी का प्रकोप बढने के साथ ही फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया था गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जन माध्यमों के जरिये खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की अफवाहों को रोकने के लिए विस्तृत परामर्श जारी किया था साउंड बाईट स्टेट्स और यूटीज को यह भी एडवायस दी गई कि अगर कहीं अफवाहें फैल रही हैं तो उसको वो रोकें कुछ कुछ अफवाहें मद्देनजर आई थीं जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है और वह विशेष ध्यानदें कि जो हमारे रिलीफ शैल्टर्स हैं उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो सैनिटेशन वगैरह का वहां पर ध्यान रखा जाए केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के फैसले से देश में कोविड उन्नीस के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है कोविड उन्नीस से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वीकेपॉल ने बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड उन्नीस मरीजों के दोगुना होने की दर तीन दशमलव चार दिन थी और अब यह दर तेरह दशमलव तीन दिन हो गई है

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने का निर्देश दिया है

देश के दूर दराज के इलाकों में भी डाक विभाग जरूरी चिकित्सासामग्री उपलब्ध करा रहा है दो हजार टन से अधिक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण अब तक पहुंचायाजा चुका है

इस दौरान डाक विभाग सामाजिकदूरी का विशेष ध्यान रख रहा है वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी केखातों में एक हजार करोड़ रुपये वितरित किएगए दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने अब तक खाद्यान्न और नकद के रूप में बिहार के गरीबों को ग्यारह हजार सात सौ चौवालीस करोड़ रूपये की मदद की है उन्होंने पटना में कहा कि पांच हजार सात सौ उन्नीस करोड़ रूपये डीबीटी के माध्यमस से गरीबों के खाते में सीधे भेजे गये जबकि छह हजार चौबीस करोड़ रूपये मूल्य के खाद्य सामग्री का वितरण किया गया श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने छियासी लाख चालीस हजार बिना राशन कार्ड वाले और प्रवासी श्रमिकों को भी अगले दो महीने तक प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह पांच पांच किलो अनाज तथा एक एक किलो दाल देने का निर्णय लिया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक दिनेश कुमार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज बांटने के लिये सभी जिलों को चार लाख बत्तीस हजार दो सौ अड़तालीस क्विंटल खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों को मई और जून महीने में पांच पांच किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है आज रमजान का आखिरी रोजा है ईद कल मनायी जायेगी इसकी पुष्टि इमारत ए शरिया फुलवारीशरीफ के काजी शरियत मौलाना अब्दुल जलील कासमी और खानकाह मुजीबिया के नाजीम मिंहाजुद्दीन मुजीबी ने की है

राजधानी पटना समेत राज्यभर में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के शांत होने के बाद वातावरण में उमस काफी बढ़ गयी है यह स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रहेगी मौसम विज्ञान केंद के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा कि एम्फन के शांत होने के बाद राज्य में तेजी से मौसम बदल रहा है पछ्आ हवा चली तो प्रदेश में गर्मी बढ़ सकती है फिलहाल तापमान सामान्य रहने से लोगों को राहत मिल रही है मौसम पूर्वानुमान में छब्बीस और सत्ताईस मई को बारिश होने की संभावना जतायी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सभी प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने इसी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दें दैनिक जागरण ने रेल और हवाई यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य और केंद के बीच उत्पन्न असमंजस को सुर्खी बनाते हुये लिखा है रेल और हवाई यात्रा पर फंसा पेंच प्रभात खबर ने लॉकडाउन की अवधि दो माह पूरा होने से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है चुनौतियां दीं तो आत्मनिर्भरता की राह भी अखबार ने इससे जुड़े आंकड़ों को भी प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही के बाद सेना ने मोर्चा संभाला दैनिक आज ने नागरिक उड्यन मंत्री हरदीप सिंह प्री के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है हालात बेहतर रहे तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी

संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार तीन सौ चौरानवे हुयी

और आज रमजान का आखिरी रोजा होगा ईद कल मनायी जायेगी